आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वे विभिन्न कार्यक्रमों या सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के साथ लगातार बातचीत के प्रयास करते रहे हैं प्रधानमंत्री ने रेडियो को संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम बताते हुए कहा कि पहुंच और व्यापकता के लिहाज से कोई भी माध्यम रेडियो की बराबरी नही कर सकता रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है

श्री मोदी ने कहा कि आकाशवाणी के एक सर्वेक्षण के अनुसार मन की बात कार्यक्रम से समाज में सकारात्मकता को प्रोत्साहन मिला है उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से समाज में जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है श्री मोदी ने कहा कि मन की बात में स्वच्छता सड़क सुरक्षा और मादक पदार्थ मुक्त भारत सेल्फी विद डॉटर जैसे विषयों को मीडिया ने नये तरीके से एक अभियान का रूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात के माध्यम से रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है मन की बात के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है

मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मन की बात के कारण रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है मैं मन की बात परिवार के आप सभी सदस्यों को इस पर विश्वास जताने और इसका हिस्सा बनने के लिए अन्तकरणपूर्वक धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में आवाज भले ही उनकी हो लेकिन व्यक्त भावनायें देशवासियों की होती हैं यह कोशिश की जाती है कि मन की बात में जिन पत्रों और टिप्पणियों को शामिल नहीं किया जा सका है उन पर संबंधित विभाग ध्यान दें उन्होंने कहा कि कल संविधान दिवस है और यह उन महान विमूतियों को स्मरण करने का एक अवसर है जिन्होंने व्यापक और विस्तृत संविधान दिया प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे संविधान में निहित मूल्यों को आगे बढ़ायें और देश में शांति प्रगति तथा खुशहाली के प्रयास करें प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष गुरु नानक देव जी का पांच सौ पचास वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा

उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र ही छियालिस नये डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे साथ ही डिग्री कॉलेजों के लिये ट्रांसफर पॉलिसी भी बनायी जायेगी उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेजों में पढ़ायी की गुणवत्ता लाने के लिये सभी खाली पदों पर स्थायी नियुक्ति की जा रही है विदेशी छात्रों को ध्यान में रखते हुये कई नये पाठ्यक्रम भी शुरू किये जायेंगे उप मुख्यमंत्री आज वाराणसी के काशी विद्यापीठ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा विषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि समय के साथ शिक्षा पद्मति भी बदल रही है अब देश में एक रिक्षा नीति बनेगी जिसकी शुरूआत प्राथमिक स्तर से होगी

इससे नदियों और जलाशयों में आने वाली बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा जिससे राज्य सरकारें वर्षा के प्रभाव पर निगरानी रख सकेंगी और सही समय पर निर्णय कर सकेंगी मौसम विभाग के महानिदेशक केजी रमेश ने कहा कि विभाग इस तकनीक का इस्तेमाल हाल ही में केरल में आई बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए करने की स्थिति में है केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत देवरिया जिला में लाभार्थियों को एक लाख तीन हजार हेल्थ कार्ड जारी किये गये हैं

उन्होंने बताया कि जिले में अब तक उन्नयासी मरीज इस योजना से लाभान्यित हो चुके हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लोगों को पाँच लाख रूपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है